कर्नाटक से विशेष ट्रेन से दो सौ अहाइस प्रवासी श्रमिक लौटै धनबाद वंदे भारत मिशन के तहत चौदह मेडिकल छात्र छात्राएं यूक्रेन से हजारीबाग वापस आये

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से ओपीडी सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है ये सेवाएं पिछले तीन महीने से बंद थीं

कृछ दिनों में यह संख्या बढा दी जाएगी इसके अलावा उन विभागों में सीमित संख्या में नए रोगिर्यो के लिए भी अनुमति दी जाएगी जो ओपीडी परामर्श शुरू करना चाहते हैं राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ्य होने की दर अरसठ दषमलव नौ प्रतिषत हो गई है अबतक यहां कूल संक्रमितों की संख्या दो हजार दो सौ छह पहुंच गई है इनमें छह सौ पचहत्तर सक्रिय मामले हैं राज्य में अब तक एक लाख छब्बीस हजार सात कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान इक्कावन मरीज ठीक होने के बाद राज्य में स्वस्थ होने वाले कल मरीजों की संख्या एक हजार पांच सौ बीस हो गई है

तीन महीने पहले यह आंकडा प्रतिदिन एक सौ मामलों की जांच का था

कोल्हान के प्रमंडलीय आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर यातायात को सुगम बनाया जाएगा

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है आज साहिबगंज जिले में दौरे पर आये ग्रामीण विकास मंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा करने के बाद कहा कि मनरेगा के तहत तीन नई योजनाएं शुरू की गई है जिसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा

वरिष्ठ मनोचिकित्सक और सलाहकार डॉ अवधेश शर्मा चर्चा में भाग लेंगे

रेलवे ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऐसी सभी टिकटों को रद्द कर दिया जाएगा और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा राज्य में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है इस सिलसिले में कर्नाटक से विशेष ट्रेन के माध्यम से दो सौ अहाइस श्रमिक आज धनबाद पहुंचे इनमें धनबाद के ग्यारह बोकारो के बत्तीस गिरिडीह के तीस हजारीबाग के छप्पन चतरा के नौ गोड्डा के पचास देवघर और पाकुड़ के दो दो साहेबगंज के चौबीस दुमका के दस जामताड़ा और कोडरमा के एक एक श्रमिक शामिल हैं सभी श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया गया उधर केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत चौदह मेडिकल छात्र छात्राएं यूक्रेन से वापस लौटे गया स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ये सभी विद्यार्थी हजारीबाग लाए गए इन सभी विद्यार्थियों को फिलहाल क्वारेंटीन किया गया है विद्यार्थियों ने भारतीय दूतावास के सहयोग की सराहना की गिरिडीह जिले में जीटी रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरणों में पहुँच चुका है जमीन की एवज में दस करोड़ रूपये की राषि का भुगतान हो चुका है

लोहरदगा जिले के कुड् थाना क्षेत्र के बरहनिया से आज एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उदभेदन करने में पुलिस को सफलता मिली है इस दौरान एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया हैवहीं इसका संचालन करने वाले गिरोह का सरगना और अन्य आरोपी फरार हो गए नकली शराब विभिन्न ब्रांड की शराब की खाली बोतलें और रैपर समेत अन्य सामान बरामद किया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने गृप्त सुचना मिलने के बाद एसडीपीओ के नेतत्व में पुलिस टीम का गठन किया

लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित तरवाडीह से रुपए की अवैध निकासी करने के आरोप में पांच सौ अड़तीस एटीएम कार्ड के साथ एक साईबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है

राज्य सरकार ने रांची जिले के बुंडू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रहे ललन कुमार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया है उनके खिलाफ मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में सरकार के निर्देषों का उल्लंघन करने और योजनाओं को बिना स्वीकृति के ही शुरू करने के साथ फर्जी तरीके से राषि निकासी का आरोप है राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य हज समिति के लिए चौदह सदस्यों का मनोनयन किया है इनमें झारखण्ड विधानसभा के सदस्य आलमगीर आलम डॉ सरफराज अहमद और डॉ इरफान अंसारी के अलावा राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों से तीन मुस्लिम धर्मशास्त्र एवं कानून के जानकारों से पांच और मुस्लिम स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं में तीन लोगों को हज समिति सदस्य के तौर पर नामित किया गया है

झारखंड यूनियन ऑफ जनर्लिज्म की ओर से आज रांची रिथित कांग्रेस भवन मेंकोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर सभी जिलों के दो दो पत्रकारों को सम्मानित किया गया